और पुराने वाहनों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति ने नीति को मंजूरी दी

इस मौके पर अलीराजपुर में कृषि उपज मंडी परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है प्रदेश को पांचवी बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया जायेगा गेहूं उत्पादन में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसानों को संबोधित भी करेंगे तीन दिन का मेला कल शुरू हुआ था इसमें किसानों की आय दोगुना करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है इस मेले का उद्देश्य किसानों में कृषि से संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास की जागरुकता विकसित करना है

डिण्डोरी में भी कृषि विज्ञान केन्द्र पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा जिसमें केन्द्रीय मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते भी उपस्थित रहेंगे उमरिया में भी सामुदायिक भवन में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें कार्यक्रम का प्रसारण किया जायेगा

जिससे पानी बेकार न जाये

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार गंगा परियोजना में साढ़े पांच लाख करोड़ रूपये के कार्य करवायेंगी उन्होंने कहा कि समुद्र का पानी पांच पैसे लीटर में देकर जलसंकट से निजात मिल सकती है बाकी पानी किसानों को सिंचाई के लिये भी दिया जा सकता है उन्होंने नदी संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास की सराहना की

नर्मदा पेड़ों की जड़ का प्रसाद है नर्मदा नदी प्रदूषित नहीं है यह बिलकुल सही है उन्होंने कहा कि इस साल फिर नर्मदा के कैचमेंट एरिया में सात करोड़ पेड़ लगाएंगे दो दिवसीय महोत्सव में नदी के संरक्षण और संवर्धन को लेकर विचार विमर्श किया जायेगा

सुश्री भारती ने कल बैतूल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश में पानी का बड़ा संकट है

स्वजलधारा योजना लागू करने में राजस्थान देश में पहले नम्बर पर है बिहार उत्तराखण्ड मध्यप्रदेश का बुन्देलखण्ड में भी इस योजना के अच्छे परिणाम मिल रहे है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह मंत्रालय में महिला अपराध भावांतर पंजीयन और मजदूर कल्याण के संबंध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग करेंगे श्री चौहान वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग आयुक्तों जिला कलेक्टरों पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों से विभिन्न विषयों पर बातचीत के साथ ही जरूरी निर्देश देंगे

इन केन्द्रों पर किसानों का पंजीयन कार्य भी चल रहा है

भावांतर भुगतान योजना में चना मसूर सरसों और प्याज के विक्रय के लिए भी किसानों के पंजीयन किये जा रहे है

इस अवसर पर नर्मदा नदी के अनेक घाट स्थलों पर सुबह से ही श्रद्वालुजन स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं भोपाल में बरखेड़ी स्थित प्राचीन शनि मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में तिलाभिषेक के साथ विशेष पूजा अर्चना की जा रही है

इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये है नंगर पंचायत की ओर से गोताखोर भी तैनात किये गये हैं स्नान के बाद श्रद्वालुओं ने भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन कर प्रजा अर्चना की उज्जैन में भी क्षिप्रा नदी में श्रद्दालु स्नान के साथ के पूजा अर्चना कर रहे हैं गुना जिले में बजरंग मार्ग स्थित शनि मंदिर में मेले का आयोजन किया जा रहा है वहीं गुना स्थित शनि मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुजन पूजा अर्चना कर रहे हैं मुरैना जिले ऐती गॉव में शनिदेव मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों से भी श्रद्वालु पहुँच रहे हैं

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नुपेन्द्र मिश्र की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में कल पुराने वाहनों को लेकर नई नीति को सैद्वांतिक मंजूरी दे दी देश में इस समय लगभग पौने तीन कर्रोड़ वाणिज्यिक वाहन बीस साल से ज्यादा पुराने है नदी संरक्षण बान्द्राभान में कल शुरू हुए नदीं महोत्सव के पहले दिन नदी संरक्षण के विभिन्न बिन्दुओं पर विचार मंथन के लिए चार समांतर सत्र आयोजित किये गये इनमें नदी किनारे की संस्कृति और समाज नदी कृषि और आजीविका के बीच संबंध नदी का अस्तित्व जैव विविधता और सहायक नदियों का संरक्षण विषयों पर विचार विमर्श हुआ सहाक नदियों के संरक्षण के सत्र में विशेषज्ञों ने समग्र नीति बनाये जाने पर जोर दिया जिससे इस दिशा में सफलतापूर्वक कार्य किया जा सके एक अन्य सत्र में विशेषज्ञों ने कहा कि अगर बचपन से ही ये बात समझाई जाये कि प्रकृति हमारा परिवार है तो आने वाली पीढ़ी इसके संरक्षण के लिए बेहतर काम कर सकेगी

कल सुनवाई के दौरान अदालत ने ये आदेश दिए विधायक कटारे ने यह याचिका उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म और अपहरण के प्रकरणों को खारिज किए जाने के लिए लगाई है कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ भोपाल में पत्रकारिता की छात्रा से दुष्कर्म और अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं इन दोनों मामलों को रदद् कराने के लिए विधायक कटारे की ओर से पुनरीक्षण याचिकाएं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे दायर की गई हैं इसी याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई बिजली उपभोक्ता ऊर्जामंत्री पारस जैन ने कहा है कि राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और किसी भी समस्या का समाधान तत्काल करने की पहल की गई है उन्होंने कल ऊर्जा विभाग की सलाहकार समिति की बैठक में बताया कि स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना में समूह में आवेदन करने पर मुखिया घोषित करने की शर्त समाप्त कर दी गई है

और पुराने वाहनों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति ने नीति को मंजूरी दी